इस बीच लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार अभियान आज शाम समाप्त हो जाएगा

इसी कड़ी में मुख्यमंत्री जयराम ठाक़र आज मंडी जिले में सिराज विधानसभा क्षेत्र के टांडी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे इसी तरह भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर किशन कपूर रामस्वरूप शर्मा और सुरेश कश्यप अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान में भाग लेंगे दूसरी ओर कांग्रेस के चारों उम्मीदवार धनीराम शांडिल रामलाल ठाक्र आश्रय शर्मा और पवन काजल भी अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में चुनाव प्रचार पर रहेंगे पेड कटान उच्चतम न्यायालय ने प्रदेश में पेड़ कटान पर लगी पूर्ण रोक के फैसले में हल्की राहत प्रदान की है न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिये हैं कि जिन परियोजनाओं के लिये सरकार ने फॉरेस्ट राईट एक्ट एफआरए के तहत मंजूरी ली है वहां पेड़ों को काटा जा सकता है हालांकि न्यायालय ने ये भी स्पष्ट किया है कि इसके अलावा किसी भी स्थान पर पेड़ काटने पर प्रतिबंध जारी रहेगा

इस निर्णय से प्रदेश में एफआरए के तहत मंजूर एक हजार से ज्यादा परियोजनाओं पर अब काम शुरू हो सकेगा डीसी कल्ल कुल्लू शहर के अखाड़ा बाजार से लेफ्ट बैंक को जोड़ने वाले वैली पुल को वाहनों की आवाजाही के लिए शुरू कर दिया गया है जिससे स्थानीय लोगों सहित सैलानियों को सुविधा होगी उपायुक्त युनूस ने कुल्लू में कल पत्रकारों से बातचीत में बताया कि फिलहाल इस पुल पर एक तरफा यातायात की सुविधा मिलेगी और जरूरत के अनुसार यातायात में परिवर्तन किया जाएगा उन्होंने कहा कि सभी सड़कों पर निर्माण व सुधार कार्य जारी है ताकि पर्यटन सीजन के लिए सड़कों को पूरी तरह द्रुस्त किया जा सके मौसम राज्य के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं हालांकि राजधानी शिमला सहित इसके आसपास के इलाकों में आज सुबह हल्की ब्रंदाबांदी भी हुई है बीते कुछ दिनों से मौसम साफ रहने पर तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है

विभाग ने आज और कल निचले व मध्य पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ वर्षा व ओलावृष्टि सहित तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी जारी की है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती के बयान पर अमर उजाला की सुर्खी है राहुल गांधी पर भाजपा अध्यक्ष सत्ती के आपत्तिजनक शब्दों पर मचा बवाल दिव्य हिमाचल का शीर्षक है बिगड़े बोलों पर फंसे सत्ती भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ थाने में शिकायत दैनिक सवेरा टाइम्स के मुताबिक कांग्रेस ने सत्ती के खिलाफ सदर थाने में दी शिकायत दैनिक जागरण के शब्द हैं राहुल गांधी को गाली देने पर सत्ती के खिलाफ तीन शिकायतें जबकि दैनिक भास्कर लिखता है राहुल गांधी के खिलाफ सतपाल सत्ती ने की थी अभद्र टिप्पणी शिमला और मंडी में केस दर्ज हिमाचल दिवस समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत के बयान को आपका फैसला ने शीर्षक दिया है हिमाचल के लोग ईमानदार और विकासशील प्रदेश में पेड़ कटान पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को अमर उजाला ने सुर्खी दी है सुप्रीम कोर्ट से राहत एफआरए मंजूरी के बाद काट सकेंगे पेड़ दिव्य हिमाचल के शब्द हैं सुप्रीम कोर्ट से पेड़ कटान पर मिली आंशिक राहत जबकि दैनिक भास्कर लिखता है एफआरए से मंजूर प्रोजेक्टों में होगा काम नए पर रोक आपका फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है प्रदेश की चारों सीटों पर भाजपा जीत दर्ज करेगी पत्र ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बयान को सुर्खी दी है प्रदेश में लोकसभा चुनाव के परिणाम चौंकाने वाले होंगे